सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा राजेन्द्र सिंह जल बचाने के अभियान में जुटे वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने शिमला में पेयजल समस्या से निपटने और जल प्रबंधन को लेकर शहर के हर नागरिक को अपने घरों में रेन हारवेस्टिंग रूफ टॉप टैंक बनाने का सुझाव दिया है शिमला में कैचमेंट एरिया व अश्वनी खड्ड का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पानी को किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका भंडारण बना रहे राजेंद्र सिंह ने नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट और उपमहापौर राकेश शर्मा के साथ शहर में पानी की किल्लत पर विस्तार से चर्चा की नरेन्द्र चौहान मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान ने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सशक्त करना और व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है मंडी में कल एक कार्यशाला में उन्होंने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी नरेंद्र चौहान ने संबंधित अधिकारियों से अधिनियम की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने का आहवान किया इंटरनेट सलाह भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम ने हाल के फेसब्क डाटा लीक मामले को देखते हुए इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को ऑनलाइन डाटा चोरी करने वालों से सतर्क किया है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से भी कहा गया है कि वे पासवर्ड बैंक विवरण पासपोर्ट या आधार कार्ड के ब्यौरे जैसी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है छोटे वाहनों पर टोल टैक्स होगा खत्म बैरियर नहीं हटेंगे दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रदेश के हल्के वाहनों को टोल टैक्स में छूट पूर्व कांग्रेस सरकार का खेल विधेयक वापस नया आएगा दैनिक भास्कर लिखता है नहीं हटेंगे टोल बैरियर हिमाचल नंबर के छोटे वाहनों को छूट पंजाब केसरी का शीर्षक है टीसीपी नियमों में मिली ढील वनरक्षकों को मिलेंगे हथियार दिव्य हिमाचल के मुताबिक अवैध होटल मालिकों को राहत जयराम कैबिनेट में नगर नियोजन एक्ट के नियमों में संशोधन का फैसला आपका फैसला का कहना है वन रक्षकों को दिए जाएंगे हथियार भाखड़ा विस्थापितों को राहत शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह के अंदर पालिसी बनाने के दिए आदेश

दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पद एक साथ भरना संभव नहीं पंजाब केसरी ने खबर दी है नीरव मोदी जैसा शातिर निकला टैक्नोमैक कंपनी का मालिक विदेश भागने से पहले आबकारी विभाग व बिजली बोर्ड सहित बैंकों को लगाया करोड़ों का चूना दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है किसाऊ बांध परियोजना भूमि खरीद मामले की जांच करवाएगी सरकार

दैनिक जागरण ने जल पुरूष राजेंद्र सिंह के हवाले से लिखा है पहाड़ों में पानी को दौड़ना नहीं चलना सिखाएं गुड़िया गैंगरेप व हत्याकांड मामले पर सीबीआई आज दायर करेगी स्टेट्स रिपोर्ट अजीत समाचार की एक खबर है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मार्च में ही गर्मी से हिमाचल बेहाल आज लू की चेतावनी

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय अपने युद्व अपने समाधान में विधानसभा के बजट सत्र में सतापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को युद्वक्षेत्र की संज्ञा देते हुए रोजगार के लिए विदेश गए युवाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बच्चों से मजदूरी में बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को चुस्त होने की सलाह दी है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में निजी शिक्षण संस्थानों की मनामानी रोकने के लिए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है